उत्तर पश्चिम रेलवे में ई ऑफिस की शुरूआत की गई इसी के साथ यह भारतीय रेलवे में ई ऑफिस शुरू करने वाला तीसरा जोन बना

इसमें गरीबों और मध्यम वर्ग के लिये जहां कई तरह की योजनाओं को शामिल किया गया है वहीं अमीरों पर कर भार बढाया गया है बजट में जिन चीजों पर खास तौर पर ध्यान गया है उनमें पेट्रोल और डीजल का महंगा होना पैन कार्ड की जगह आधार का भी इस्तेमाल करने की छूट देना पानी गैस और बिजली के लिये वन ग्रिड का प्रस्ताव रखना विकिपीडिया की तरह गांधी पीडिया बनाने की योजना शामिल है

बजट में तम्बाकू आयातित किताब स्टील उत्पाद सीसी टीवी कैमरा एयरकंडीश्नर और लाउड स्पीकर जैसी चीजें महंगी हुई है जबकि रक्षा उपकरण साब्न ट्थपेस्ट शैम्पू और रसोई के सामान जैसी वस्तुएं सस्ती की गई है आयकर के मौजूदा स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है पर पांच करोड रूपये से ज्यादा कमाने वालों पर सरचार्ज लगा दिया गया है स्टार्टअप और स्वरोजगार पर बजट में जहां अधिक जोर दिया गय है वहीं रेलवे के निजीकरण के संकेत भी बजट में दिये गये है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम बजट को देश का विकास करने वाला बजट बताया उन्होंने कहा कि इस बजट से लोगों का जीवन आसान होगा बजट को ग्रीन बजट बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया बनाने में ये बजट अहम साबित होगा

मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने कहा कि बजट का उददेष्य साफ नही है और इसमें अर्थव्यवस्था को गति देने की कोई ठोस रणनीति नहीं है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बजट को निराषाजनक बताया है उन्होंने कहा कि पेट्रोल तथा डीजल पर सेस बढने से महंगाई बर्ढेगी श्री शर्मा ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के मूलभूत ढांचे के विकास को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं है दूसरी ओर प्रदेष भाजपा प्रवक्ता सतीष प्रनिया ने केन्द्रीय बजट को संतुलित बताया है

बैठक में विभिन्न एजेन्सियों के प्रतिनिधि शामिल हुए बैठक के दौरान मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों में पानी के कनेक्शन में आ रही बाधाओं को दूर करने और अन्य राज्यों में मल्टी स्टोरी फ्लेट्स को कनेक्शन दी जाने वाली नीतियों पर विस्तृत चर्चा हुई

इस तरह का अध्यादेश लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है

पाली जिले के चामुंडरी कस्बे में कल इस अभियान के तहत ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने नरेगा मजदूरों के साथ श्रमदान किया भरतपुर में जल शक्ति अभियान के केन्द्रीय नोडल अधिकारी जयदीप मिश्रा ने कल अधिकारियों की बैठक लेकर जल संरक्षण की संरचना को बेहतर बनाने के निर्देश दिए

इसके साथ ही यह भारतीय रेलवे में ई ऑफिस शुरू करने वाला तीसरा जोन बन गया है उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक राजेश तिवारी ने इसकी शुरूआत करते हुए कहा कि ई ऑफिस एक आसान और सुगम फ्लेटफोर्म है और इसमें रखी फाइल को कभी भी निकाला जा सकता है उन्होंने कहा कि इसमें की गई नोटिंग और फाइल के पेज में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है इसलिये इस प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहती है

मंत्रिमंडल तय करेगी कि यह रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाए या नहीं राज्य के महाधिवक्ता महेन्द्रसिंह सिंघवी ने कल उच्च न्यायालय में यह जानकारी दी इसके बाद खंडपीठ ने इस बारे में दायर जनहित याचिका की सुनवाई मुल्तवी कर दी